इसमें दुनियाभर के नेता प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शोधकर्ता हिस्सा लेंगे

इस आयोजन में वैश्विक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए पैज्ञानिक गठबंधनों पर भी जोर दिया जाएगा

आयोजन की मेजबानी बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैव प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नीति आयोग तथा ग्रैंड चौलेंजेस कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड वेलकम संयुक्त रूप से कर रहे हैं ग्रैंड चैलेंजेस इंडिया क्रषि पोषण स्वच्छता मातृत्व और बाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करता है प्रदेश में आज से कक्षा नौवीं से बारहवीं तक के सभी विद्यालय खुल जायेंगे

इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया के तहत विद्यालयों के लिये आवश्यक दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किये जा चुके हैं सभी विद्यालय दो पालियों में चलेंगे और अधिकतम पचास प्रतिशत विद्यार्थियों को ही बुलाया जायेगा

छात्रों को स्कूल आने के लिए अपने माता पिता या अभिभावक की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी किसी को भी स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा

स्कूल खुलने से पहले और प्रत्येक पाली के बाद स्कूल और कक्षायों को विसंक्रमित करना जरूरी होगा

छात्रों को स्कूल लाने ले जाने वाली बसों तथा अन्य वाहनों को बेहतर ढंग से विसंक्रमित करने की व्यवस्था जरूरी रहेगी एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ बरेली बलिया गोरखपुर बलरामपुर शामली अमरोहा कौशाम्बी सहित अन्य जनपदों में जिला विद्यालय निरीक्षकों ने कल विद्यालयों में कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने के लिये सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया उन्होंने बताया कि सभी विद्यालयों को सैनिटाइज कराया गया है केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं श्री जावडेकर ने कल फेसब्क पर एक लाइव कार्यक्रम में कहा कि प्रद्षण की समस्या प्रत्येक देश में है और भारत में प्रदूषण के प्रमुख कारण परिवहन उद्योग कचरा प्रबंधन धूल और पराली का जलना है उन्होंने कहा कि प्रदूषण की समस्या एक दिन में नहीं सुलझाई जा सकती और इसके समाधान के लिए सभी क्षेत्रों का सहयोग आवश्यक है श्री जावडेकर ने कहा कि सरकार ने देश में बीएस सिक्स लागू करने का बडा फैसला किया है जिससे प्रदृषण में कमी आने लगी है

श्री जावडेकर ने जोर देकर कहा कि प्रदृषण का स्तर घटाने में लोगों का सहयोग बहत जरूरी है और प्रत्येक व्यक्ति इसमें योगदान कर सकता है उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक वृक्ष लगाने को कहा क्योंकि वृक्षों की संख्या बढने से प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है

उधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने किसानों से खेतों में पराली न जलाने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि किसान डीकम्पोजर का इस्तेमाल कर पराली को समाप्त कर सकते हैं जिससे मिटटी में कार्बन की मात्रा में वृद्वि होगी श्री शाही ने कहा कि पराली जलाये जाने से मिट्टी में उपलब्ध लाभदायक पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और इससे तापमान में भी बढ़ोत्तरी होती है उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा फसल अवशेषों पराली को जलाया जाना अपराध माना गया है सिद्दार्थनगर जिले में कल स्वयं सहायता समूहों के एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया इस गोष्ठी के माध्यम से समूह के लिये कार्यरत महिलाओं को चुनौतियों को अवसर में बदलने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया इसके माध्यम से इस बात पर चर्चा हुई कि कोरोना संक्रमण के दौरान स्वयं सहायता समूहों ने मास्क आदि बनाकर जहां एक ओर संक्रमण के फैलाव को रोकने में सहायता दी वहीं दूसरी ओर इससे महिलाओं को आजीविका भी मिली इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विकास कार्यो में जहां एक तरफ जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है वहीं दूसरी ओर इससे महिला आजीविका को भी बढ़ाया जा सकता है इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री पाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूह से महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान को बल मिल रहा है शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन आज भक्तजन मां दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हैं मिर्जापुर जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ विन्ध्याचलधाम में श्रद्वालु ब्रह्ममुहूर्त से ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए माता के दर्शन कर रहे हैं वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवीपाटन तुलसीपुर में श्रद्वालुओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए माता के दर्शन पूजन कर रहे हैं प्रदेश के सभी दुर्गा मंदिरों में श्रद्वालु कोविड नियमों के तहत माता के दर्शन कर रहे हैं बलिया जनपद के दुर्जनपुर हत्याकाण्ड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को एसटीएफ ने कलज लखनऊ से गिरफ्तार किया है डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चन्द्र दुबे ने बताया कि इस घटना में अब तक दस आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है उन्होंने बताया कि पुलिस यह सुनिश्चत करेगी कि हत्या में शामिल आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई की जाये उन्होंने बताया कि हत्याकाँड के मुख्य आरोपी पर एनएसए की कार्रवाई की जायेगी